पारदर्शी कर प्रणाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि इससे भारतीय कर प्रणाली में सुधार करने और इसे सरल बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि ईमानदार करदाताओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा

उन्होंने कहा कि कहा कि कर दरो में काफी कमी की गई है और अनावश्यक कागजी कार्रवाई को भी समाप्त कर दिया गया है प्रधानमंत्री ने फेसलेस असेसमेंट यानि करदाता और जांच अधिकारी की पहचान गृप्त रखने की व्यवस्था का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि इससे करदाता आश्वस्त हो सकेगा कि विभाग द्वारा किसी प्रकार की छानबीन निष्पक्ष शिष्ट और तर्कसंगत तरीके से की जाएगी

ट्रांसपैरेंट टैक्सेशन रीएक्शन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफार्म ईमानदार करदाता का सम्मान स्निश्चित करेगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने टैक्स सिस्टम में बड़ी पहल की है इससे करदाता देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफार्म का स्वागत करते हुए इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहत महत्वपूर्ण आर्थिक स्धार बताया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में बड़े बड़े स्धार हो रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मानते हैं कि देश का ईमानदार टैक्सपेयर राष्ट्रनिर्माण में बह्त बड़ी भूमिका निभाता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब टैक्सपेयर को उचित विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है यानि आयकर विभाग को अब टैक्सपेयर के सम्मान का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि यह राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि दोनों सालों में उत्तराखण्ड की पंचायतों ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर प्रस्कार प्राप्त किये पंचायतीराज मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश की पंचायतों ने राष्ट्रीय पंचायत प्रस्कार के तहत विभिन्न मापदण्डों के आधार पर दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम सभा प्रस्कार बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार और ग्राम पंचायत विकास योजना प्रस्कार प्राप्त किये हैं कैबिनेट फैसले राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड यौन अपराध और अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को लेकर प्रतिकर योजना को मंजूरी दी है इसके तहत यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को सरकार मुआवजा देगी आज कैबिनेट की बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने पत्रकारों को यह जानकारी दी

हाईकोर्ट से रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों के सेवक भत्तों और मिनिस्ट्रियल भत्तों में इजाफा होगा

इसे पूरा करने के बाद सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा बैठक में विधायकों के वेतन भत्तों में कटौती के लिए अध्यादेश लाने का फैसला लिया गया

कैबिनेट ने जौनसार बावर के लोगों को भी वर्ग चार की भूमि पर मालिकाना हक दिये जाने का निर्णय लिया है एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में सौंग और जमरानी बांध के लिए पीआईयू गठन को मंजूरी दी गई है

मौसम अपडेट प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हआ है खासकर पर्वतीय जिलों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं बारिश से हुए भूस्खलन से जगह जगह सड़कें बंद हैं जिससे ग्रामीण इलाकों का संपर्क कट गया है

चमोली जिले में बारिश से बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह अवरुदध हैं जिले में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले तीन दर्जन से अधिक लिंक मार्ग भी बंद हैं पौड़ी जिले में भी कहीं कहीं भारी बारिश हई है क्माऊं मंडल में बारिश ने जनजीवन पर असर डाला है पिथौरागढ़ जिले के धारचूला और मुनस्यारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं नदी नाले सब उफान पर हैं बागेश्वर जिले में भी पिछले तीन दिनों से रुक रुक कर बारिश जारी है बारिश से जिले के गरुड़ कपकोट समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों में सात मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं भूस्खलन के कारण कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं और कई मकानों में मलबा घ्स गया है

बारिश से बागेश्वर नगर और ग्रामीण क्षेत्र को पानी की आपूर्ति करने वाली जल संस्थान की दो योजनाएं सिल्ट घ्सने से प्रभावित हैं और तीन योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं